आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल शीघ्र ही फिर से उठ खड़ा होगा आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है हमारी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को गँवाया है जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन मैं शोक संतत्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सवा सौ करोड़ भारतीय दुःख की इस घड़ी में आपके साथ कन्ये से कन्या मिलाकर खड़े हैं राहत और बचावकार्य में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जांबाजों ने बचाव अभियान में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हाल ही में सम्पन्न संसद का मॉनसून सत्र बहुत रचनात्मक रहा

संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवायों के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पारित कर कठोरतम सजा का प्राव्यान जोड़ा है प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तो पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाया कि पूरा देश सामाजिक न्याय की इस मुहिम में उनके साथ है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार तीन में इक्यानबवां संशोधन अधिनियम लाने के लिए राष्ट्र सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा इस संशोधन से भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए पहला बदलाव यह हुआ कि राज्यों के मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा की कुल सीटों के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर निर्घारित किया गया दूसरा बदलाव यह हुआ है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत तय सीमा एक तिहाई से बढ़ा कर दो तिहाई कर दी गई और दल बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे जरूर खेलें और अपनी सेहत पर खास ध्यान दें क्योंकि स्वस्थ भारत से ही सम्पन्न और समृद्व भारत का निर्माण होगा आज संस्कृत दिवस का ध्यान दिलाते हुए श्री मोदी ने संस्कृत की महान धरोहर को सहेजने और संवारने से जुड़े उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जो आम जन तक इसे पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया बहनों ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांघकर उनसे रक्षा की कामना की प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है आज ही लगभग एक पखवाड़े से चल रहा अयोध्या का सावन झूला मेला भी सम्पन्न हो रहा है अयोध्या में पूर्णिमा स्नान के लिए आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटी आज ब्रम्हमुहूर्त से ही जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड लगी रही प्रदेश में जारी मुसलाधार बारिश से कई जिलों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रेल तथा सड़क यातायात बाधित है राज्य के तराई और पूर्वी हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप अमी भी जारी है भारी बारिश के कारण राज्य के पश्चिमी हिस्सों में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है मुरादाबाद रेल मंडल में पटरियों पर पानी भर जाने के कारण कई रेलगाडियां घंटों से फंसी रहीं हैं भूस्खलन के कारण पीलीभीत जिले में बीसलपुर बरेली मार्ग अभी भी बंद है प्रदेश में हाल में हुई जहरीली शराब त्रासदी में डयूटी पर लापरवाही बरतने के लिए शामली जिले के आबकारी विमाग के पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है